कांग्रेस सदस्य इस दौरान सदन में नहीं थे

इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि शुरूआत ठीक नहीं हुई है और विपक्ष आरोप तब लगाता जब सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ किया जाता जयराम ठाकुर ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि हिमाचल के हित सर्वोपरि हैं और कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी की जमीन खरीदने की जुर्रत नहीं कर सकता इस दौरान विपक्ष ने टोकाटाकी का प्रयास किया लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है करीब तीन मिनट के इस हंगामे के बाद फिर प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला

इस दौरान अध्यक्ष ने उन्हें कुछ देर में अपनी बात रखने की सलाह दी मगर कांग्रेस सदस्य बोलने पर अड़े रहे

मुख्यमंत्री बयान कांग्रेस के वाकआउट को मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि इस गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से वे आहत हैं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में तबादलों संबंधी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और अब दो महीने का आंकड़ा मांग रहे हैं कैबिनेट राज्य सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट को मंजूरी दे दी है

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिमण्डल की विशेष बैठक में बजट प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया मंत्रिमण्डल ने राशन कार्ड धारकों को दी जाने वाली चीनी हरियाणा सरकार के उपकम से खरीदने को भी मंजूरी दी ये खरीद खाद्य आपूर्ति निगम करेगा प्रधानमंत्री प्रसारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आठ मार्च को राजस्थान के झुंझुनूं में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन का शुभारंभ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विस्तार पर बातचीत करेंगे उच्च शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थानों में ये कार्यक्रम लाईव दिखाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं विभाग के निदेशक अमरदेव ने बताया कि ये कार्यक्रम लाइव दिखाने के लिए कोई भी छात्र किसी अन्य के घर नहीं भेजा जाएगा अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने विदेशों में रह रहे हिमाचल के लोगों की समस्या के समाधान के लिए आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की ऊना के जोगिंद्र कुमार का नौकरी के दौरान दुबई में आकस्मिक निधन हो गया था और उनके परिवार को कंपनी द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि दिलाने का आग्रह उन्होंने सुषमा स्वराज से किया अनुराग ठाकुर ने बताया कि विदेश मंत्री ने मामला जल्द सुलझाने का भरोसा दिलाया है बस सेवा चंबा जिले में पांगी घाटी की अंदरूनी सड़कों पर बस सेवा बहाल न होने पर लोगों को किलाड़ तक पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ग्राम पंचायत पूर्थी से वार्ड पंच देवराज राणा ने प्रशासन से अंदरूनी मार्गो पर बस सेवा बहाल करने की मांग की है ताकि लोगों को भारी भरकम किराया देकर किलाड़ पहुंचने से राहत मिल सके

उन्होंने बताया कि हर बूथ तक वैक्सीन पहुंचा दी गई है